मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य में रहने वाले टाना भगत समुदाय के लोगों को प्रति वर्ष वस्त्र भत्ता के रूप में दो हजार रूपये देने की घोषणा राज्य के गिरिडीह और खूंटी में खोले जाएंगे दो नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने कहा जल्द भेजा जाएगा केंद्र को प्रस्ताव और कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर दी श्रद्वांजलि राज्य में भी श्रद्वांजलि सभाओं का आयोजन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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आश्वस्त किया कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले दिमाग से आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि सरकार का रूख वैसा ही है जैसा बाईस जनवरी को था और क्रषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी कायम है संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हए श्री मोदी ने दोहराया कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं

बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आवश्यक विधायी कार्य और अन्य कामकाज होंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बनहोरा में टाना भगत अतिथिगृह के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के विंकास में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है

अभी तक इस टीके का कोई दुस्प्रभाव का गंभीर मामला सामने नहीं आया है

इस बीच राज्य में कल छियासी रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अन्ठान्वे दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है राज्य में अबतक एक लाख सोलह हजार नौ सौ चार मरीज इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं कोविड के सक्रिय मामलों में निरन्तर कमी आ रही है इस समय कुल सक्रिय मामले छह सौ अट्ठाईस हैं कोरोना वैक्सीन की तीसरी किस्म बहुत जल्द भारत में उपलब्ध हो जाएगी भारतीय सीरम संस्थान के कार्यकारी अधिकारी अदार प्रनावाला ने बताया है कि कंपनी ने नोवावैक्स की वैक्सीन कोवावैक्स के परीक्षण के लिए आवेदन किया है

नोवावैक्स द्वारा जारी बयान के अनुसार ब्रिटेन में कोवावैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण में इसे नवासी दशमलव तीन प्रतिशत सफल पाया गया ब्रिटेन में कोरोना के उच्च संक्रमण और इसके नये स्ट्रेन के सामने आने के बावजूद कोवावैक्स काफी असरदार सिद्ध हुआ है इसका परीक्षण ब्रिटेन सरकार के वैक्सीन टास्कफोर्स की सहभागिता में किया गया था

इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे कल पोलियो टीका पिलाने का पहला दिन होगा इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पोलिया रविवार भी कहा जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के जिला अवर निबंधक राहल चौबे को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है श्री चौबे पर देवघर जिले के देवीपुर अंचल में इकतीस एकड़ जमीन के निबंधन में नियम कानूनों की अवहेलना करने का आरोप है इस मामले में देवघर के उपायुक्त द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी गयी है उसके मुताबिक श्री चौबे ने व्यक्तिगत लाभ के लिए तथ्यों को जान बूझकर नजरअंदाज करते हुए जमीन का निबंधन किया था राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे इसके लिए गिरिडीह और खूंटी जिले में जमीन चिन्हित कर ली गयी है राज्य के स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने आज रांची स्थित सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा श्री सोन ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सकों की कमी को दूर कर वहां बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गयी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को उनकी प्रण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि लोगों को गांधी जी के आदर्शों को अपनाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं उन्होंने कहा है कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है वहीं राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए शहीद दिवस पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गए विभिन्न जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहृति देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई रामगढ़ जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी इसमें जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा भी शामिल हुए उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी दो मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी

उधर पलामू जिले में शहीदों की स्मृति में सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखा इस दौरान जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने की शपथ ली गई उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने शपथ पत्र पढ़ा जिसे सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने दोहराया

इन वस्तुओं में तसर रेशम कीट कोकून सूखा सेव बाँस मल्कानगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं

इसका उद्देश्य वंचित जनजातीय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके सशक्तीकरण में सहायता करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा संस्करण रात्रि आठ बजे दोबारा प्रसारित किए जाएंगे संक्षिप्त खबरें धनबाद जिले में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सत्रह परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं कल प्रथम पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से बारह बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगी नक्सलियों से सांठगांठ की जांच को लेकर एनआईए की टीम ने आज लोहरदगा जिले में छापेमारी की इस दौरान एनआईए की टीम ने किस्को मोड़ स्थित एक घर में करीब डेढ़ घंटे तक जांची की

रांची की बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के लिए आज दो करोड़ रूपये से ज्यादा की तैंतीस योजनाओं का शिलान्यास किया गया